मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भागों में विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकापर्ण आरम्भ कर दिए गए हैं उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए

इस दौरान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल लाईन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज केन्द्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र तोमर से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में आलू व मक्की और सिरमौर में अदरक पर आधारित उद्योग लगाने के लिए केन्द्र से सहायता प्रदान करने का आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार की मांग भी की वीरेन्द्र कंवर ने कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पशु चारे पर आधारित उद्योग लगाने के लिए भी केन्द्र से सहायता मांगी केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने वीरेन्द्र कंवर को केन्द्र की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया भेंट शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की

राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा आज पराला सब्जी मण्डी सहित शिलारू व मेंहदली में किए गए शिलान्यासों पर हैरानी जताते हुए कहा कि इन सब का निर्माण कार्य पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था ऐसे में इनका फिर से शिलान्यास करना लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन है

कुल्लू जिले में भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है आज सुबह गड़सा घाटी के ठेला में जोरदार वर्षा से गड़सा खड़ड में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इससे एक धार्मिक स्थल सहित दर्जनों पेड़ भी इसकी चपेट में आ गए जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों में भारी वर्षा की सम्भावना जताई है

ये क्वीज प्रतियोगिता प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाती है

इसके माध्यम से विद्यार्थियों को खुद का आकलन करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है